अयोध्या में सरयू नदी के घाटों पर बारह से सोलह नवम्बर तक दीपोत्सव कार्यक्रम का किया जायेगा आयोजन

कल इटली के प्रधानमंत्री ज्युसेप्पे कॉते के साथ वर्च्यअल द्विपक्षीय शिखर बैठक में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया को अपने आप को कोरोना पश्चात की स्थितियों के अनुरूप ढ़ालना होगा

हम समी को इस नई दुनिया के लिए पोस्ट कोरोना वर्लड के लिए अपने आप को एडेप्ट करना होगा इस से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और अक्सरों के लिए हम समी को एक नए सिरे से तैयार रहना होगा मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत से हमारे संबंध और मजबूत होंगे आपसी समझ बढ़ेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिलेगी

श्री मोदी ने कहा कि विश्व के अन्य देशों को जब कोरोना वायरस की जानकारी मिल रही थी और वे इसे समझने की कोशिश कर रहे थे तब इटली इससे जूझ रहा था उन्होंने कहा कि इटली ने पूरी तत्परता से और सफलतापूर्वक स्थिति पर नियंत्रण किया

विदेश मंत्रालय में यूरोप पश्चिम क्षेत्र के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती ने बताया कि पिछले तीन वर्ष में दोनों नेताओं के बीच यह पांचवीं वार्ता है उन्होंने बताया कि बैठक में क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई एक सवाल के जवाब में श्री चक्रवर्ती ने बताया कि आर्थिक सम्बंधों पर प्रमुखता से चर्चा की गई ऊर्जा हरित ऊर्जा संस्कृति और मीडिया सहित विमिन्न क्षेत्रों में पन्द्रह समझौते किए गए हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन ओ आर ओ पी योजना पर अमल के बाद प्रतिरक्षा सेनाओं के बीस लाख साठ हजार दो सौ बीस पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को बयालिस हजार सात सौ चालिस करोड़ रूपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है सरकार ने भारी वित्तीय बोझ के बावजूद नवंबर दो हजार पन्द्रह में वन रैंक वन पेंशन योजना पर अमल का ऐतिहासिक फैसला किया था और पहली जुलाई दो हजार चौदह से रक्षा कर्मियों को इसका फायदा दिया गया रक्षा मंत्रालय के अनुसार वन रैंक वन पेंशन योजना के लाभार्थियों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग में की गई सिफारिशों के अनुसार पेंशन निर्धारित करने का फायदा भी दिया गया इस पेंशन योजना के अंतर्गत समान रैंक और एक समान सेवा अवधि वाले रक्षा कर्मियों को उनके सेवानिवृत्त होने की तारीख का अंतर किए बिना एक समान पेंशन देने का प्रावधान है इससे अतीत में सेवानिवृत्त हुए सैनिकों और हाल में सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन में अंतर दूर कर दिया गया है पूर्व सैन्यकर्मी करीब पैंतालिस साल से वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे थे केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार वायु प्रदूषण कम करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है उन्होंने कहा कि वायु प्रदृषण की समस्या के समाधान के प्रयासों के तहत प्रौद्योगिकी संबंधी हर संभव उपाय को प्रोत्साहित किया जाएगा पुणे में देश के इस प्रकार के पहले सयंत्र का वर्च्अली उद्घाटन करते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पराली जलाना एक और चिंता का विषय है उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस प्रकार की प्रौद्योगिकी से प्रदूषण की समस्या का निवारण हो सकेगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देशभर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं नये दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में संबंधित राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों के साथ विचार विमर्श करके चरणबद्व तरीके से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खोला जा सकता है यूजीसी ने सप्ताह में छह कार्य दिवस और सुरक्षित दूरी रखते हुए विद्यार्थियों की संख्या कम रखकर कक्षाएं शुरू करने की सलाह दी है हालांकि संस्थान की जरूरत के अन्सार प्रतिदिन शिक्षण के घंटे को बढ़ाया जा सकता है

मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि आगामी त्यौहारों के मद्देनजर विभिन्न समूहों की फोकस टेस्टिंग का कार्य प्रमावी ढंग से संचालित किया जाये उन्हॉने कहा कि डेंगू सहित विभिन्न संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिये एटी लार्वा रासायनों का नियमित तौर पर छिड़काव और फॉगिंग का कार्य भी लगातार संचालित किया जाये राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने आज राजभवन में कोरोना महामारी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं ने मिलकर आम जनता एवं प्रवासी श्रमिकों के भोजन तथा परिवहन की व्यवस्था करके उन्हें मदद पहुंचायी इसके लिये लखनऊ के जिलाधिकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं बधाई के पात्र है इनका सम्मान करना हमारे लिये गौरव की बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पॅशनर्स के लिये जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सुगम और सहज बनाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये आनलाइन प्रक्रिया को बढ़ावा देते हुए इस व्यवस्था को पेंशनर्स के लिये सुविधाजनक बनाया जाये इससे पेंशन धारक घर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर आसानी से पेंशन प्राप्त करते रहेंगे राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि डाक विभाग के अन्तर्गत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा उनके घर पर उपलब्ध कराई जा रही है इसके तहत डाकिये अथवा ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा स्मार्ट फोन और बायोमैट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल करके खाताधारक को घर पर ही बैंकिंग सेवाए उपलब्ध कराई जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से की जा रही धान खरीद से पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान लाभान्यित हो रहे हैं उन्होंने पराली जलाने से प्रदूषण पर होने वाले दृष्प्रभाव को रोकने के लिये कृषि विमाग से किसानों को निरन्तर जागरूक करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि पराली जलाने की कार्यवाही पर किसानों के साथ कोई दुर्व्यहार अथवा उत्पीड़न न किया जाये मुख्यमंत्री ने पराली के उपयोग के लिये नये प्रयोगों बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि इससे किसानों की आमदनी में वृद्धि भी होगी प्रदेश सरकार ने दीपावली के अवसर पर अयोध्या में सरयू नदी के घाटों पर दीपोत्सव कार्यक्रम मनाने का फैसला किया है इस वर्ष करीब पांच लाख इक्यावन हजार दीये रोशन करने का लक्ष्य रखा गया है

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के आयोजन के दौरान कोरोना महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी के सभी मानकों का पालन किया जाएगा प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया पर खेलो इंडिया खेलों में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों से आवेदन के साथ छः हजार रुपये की मांग कर रहे तीन लोगों को गिरफ्तार किया है खेलो इंडिया का आयोजन दो हजार इक्कीस में हरियाणा के पंचकूला में होना है यूवा मामले और खेल मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ये गिरफ्तारियां की गई हैं